विश्व बाल दिवस पर राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन राज्यपाल द्वौपदी मुर्म्र ने राजभवन में बच्चों से की मुलाकात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

नेम निष्ठा और लोक आस्था के चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों की नदियों जलाशयों और तालाबों में व्रर्ती परिवार के सदस्यों के साथ पहंचे और भक्तिमय वातावरण में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया उदीयमान सूर्य को कल दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा कई लोगों ने अपने घरों की छत पर ही जल कुंड बनाकर पुजा अर्चना किया उधर साहिबगंज जिले में गंगा नदी के तट पर अस्ताचलगामी भगवान सुर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया इधर चतरा जिले में आस्था के महापर्व छठ के दौरान व्रतियों और श्रद्वालुओं की सुरक्षा को लेकर सभी घाटों पर तैराकों के विशेष टीम की तैनाती की गई है मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी चतरा के प्रसिद्ध छठ घाट पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्पित किया और राज्य वासियों को शुभकामनाए दी उधर उपराजधानी दुमका में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया खूंटाबांध बड़ा बांध रसिकपुर बंदरजोरी और पुसारो सहित एक दर्जन तालाबों और नदियों के छठ घाटों पर लोगों ने पूरी भर्क्ति श्रद्वा और आस्था के साथ भगवान सूर्य देव अर्घ्य अर्पित किया इधर खूंटी जिले में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ महापर्व छठ मनाया जा रहा है बड़ी संख्या में छठव्रती भक्ति भाव के साथ छठ घाटों और तालाबों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया उधर हजारीबाग जिले में झील तालाब नदी समेत अन्य छठ घाटों पर भक्तिमय माहौल में महापर्व छठ मनाया जा रहा है गिरिडीह जिले के विभिन्न छठ घाटों और घरों में भी लोगों ने अस्तलचगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया उधर पाकुड़ समेत अन्य जिलों में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परम्पररा रही है उन्होंने कहा कि यह पर्व नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है

अपने टवीट में उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग देशवासियों के स्वास्थय और समुद्धि के लिए करें इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी छठ पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है

इस महामारी से मरने वालों की दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है

वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख छह हजार नौ सौ बहत्तर है जबकि दो हजार छह सौ सकिय मामले हैं

वहीं इस महामारी से अब नौ सौ सैंतीस लोगों की मौत हो चुकी है

समारोह में लगभग दो हजार छह सौ विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिए जाएंगे

दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में इनोवेशन और इन्क्यूसबेशन सेंटर परिवर्तनकारी शोध केंद्र और खेल परिसर का उदघाटन भी करेंगे

सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शनिवार और रविवार को होगा

विश्व बाल दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस उपलक्ष्य में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में बच्चों से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन किया इस दौरान यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे गौरतलब है कि इस वर्ष विश्व बाल दिवस जलवायु परिवर्तन पर केन्द्रित रहा संताली भाषा के विद्वान पद्मश्री दिगंबर हांसदा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर रिथित पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार किया गया उन्हें परिवहन मंत्री चंपई सोरेन विधायक रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉ एम तमिलवानन पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा सहित कई लोगों ने भावभीनी श्रद्वांजलि दी गौरतलब है कि श्री हांसदा का कल निधन हो गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के संकट से उबर रही है लेकिन उन देशो में मंदी के संकेत हैं जहां संक्रमण की दर फिर से बढ़ रही है जी ट्वेंटी देशों के वित्त अधिकारियों और नेताओं की इस सप्ताह वीडियो काफ्रेंस के जरिए होने वाली बैठकों से पहले जारी की गई रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मंदी से उबरने की असमान स्थिति की बात कही गई है रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि इस संकट का गहरा लेकिन अलग अलग असर पड सकता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जोर्जीवा ने जी ट्वेंटी देशों से एकजुट होकर तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पर्याप्त टीकों की उपलब्यता सुनिश्चित की जा सके उन्होंने कहा कि जब तक यह वैश्विक महामारी हर जगह से समाप्त नहीं हो जाएगी इससे उबरने की स्थिति स्थिर नहीं हो सकती

पुलिस अधीक्षक वाईएसएस रमेश ने बताया कि इसके लिए गठित विशेष टीम ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार अभियुक्त में दियारा गांव के नीरज सिंह और रौतारा के कृष्णा सिंह शामिल हैं